नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के रूप में खास अंदाज में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन

डेंगू के बढ़ते प्रभाव और उसकी रोकथाम को लेकर हुई चर्चा

नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में श्री मोदी ने कहा हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है इसका जीवंत उदाहरण अब केवड़िया में देखने को मिल रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार सरोवर बांध को पूरा करने की सफलता का श्रेय लाखों लोगों को जाता है और अब यह लोगों की जिम्मेदारी है कि बांध के पानी का किफायत से इस्तेमाल करें उन्होंने गुजरात में सरदार सरोवर बांध की नहरों के जाल का काम पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और आगे भी लोगों की भलाई के लिए इसी गति से काम किया जाएगा

प्रदेश में भी श्री मोदी के जन्मदिन को भाजपा कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में खास अंदाज में मना रहे हैं इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री मोदी के जीवन पर तैयार की गई चित्र प्रदर्शनी का उदघाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृशल नेतृत्व में देश तेजी से उन्नति के पथ पर अग्रसर है दुनिया में आज भारत को जो विशिष्ट पहचान मिली है उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को ही जाता है और उनके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के प्रयासों से आज उत्तराखण्ड में सड़क रेल और हवाई कनेक्टिविटी में तेजी से वृद्धि होने से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्वालुओं की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है स्लग मोदी जन्मदिन सीएम जारी इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय सहित पार्टी विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे उधर बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कपकोट कांडा और बागेश्वर अस्तपतालों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल वितरित किए और प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रुड़की में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन कर उनके दीर्घायु की कामना की पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने जा रहा है

बच्चों को रोज स्कूल जाने और पढ़ लिखकर एक आदर्श नागरिक बनने को कहा उन्होंने माताओं से भी अपील की कि किसी भी रिथिति में बच्चियों की शिक्षा प्रभावित न होने दें लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज हम ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने गरीबी को निकट से देखा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं विशेष रूप से महिलाओं और बेटियों के सशक्तीकरण के लिए उन्होंने बहुत काम किया है राज्यपाल लोगों को नशे के विरूद्ध जागरूक रहने की भी अपील की स्लग स्वच्छता साइकिल रैली स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में साइकिल रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया

इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक किया रैली में शामिल कैडेट्स कल ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे रैली में शामिल कैडेट नितेश रावत ने बताया कि देश को स्वच्छ बनाने के लिए निकाली जा रही साइकिल रैली के दौरान वे जगह जगह रास्तों पर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे स्लग डेंग् राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस लाइन में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया डेंगू जागरूकता सम्मेलन में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जिलाधिकारी सी रविशंकर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय और देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकमियों के साथ नगर निगम की टीम मौजूद रही इस दौरान डेंगू के बढ़ते प्रभाव और उसकी रोकथाम को लेकर चर्चा की गई गौरतलब है कि प्रदेश में डेढ़ सौ पुलिसकर्मी डेंगू की चपेट में आ गए हैं जिसके कारण पुलिस के कामकाज के साथ ही जिला प्रशासन के कामकाज पर भी खासा असर पड़ रहा है उधर चमोली जिला प्रशासन ने डेंगू से बचाव की व्यापक व्यवस्था की है गोपेश्वर जिला अस्पताल में एहतियात के तौर पर अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है जहां सभी मरीजों का समुचित ईलाज और सभी आवश्यक टेस्ट किये जा रहे हैं इस समय पर जिला अस्पताल में डेंगू के तीन मरीज भर्ती हैं जिनका उपचार किया जा रहा है हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ये सभी मरीज देहरादून में रहकर यहां आए हैं इस बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि जिले मे डेंगू की रोकथाम के लिये ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और संबंधित विभागो को सतर्क कर दिया गया है उन्होंने बताया कि जिले में जगह जगह फॉगिंग की जा रही है और स्कूलों में भी डेंगू के बचाव और उपायों के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि देहरादून के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन अस्पतालों में चिकित्सक चिकित्सा कर्मी और दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि प्रदेशभर में डेंगू बीमारी को महामारी घोषित किया जाय और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पीड़ितों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठानों और संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई विश्वकर्मा को देवताओं के वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है विश्वकर्मा दिवस दफ्तरों और कारखानों में विशेष रूप से मनाया जाता है इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर वेल्डिंग और मशीनों के काम से जुड़े हुए लोग इस दिन को उत्साह के साथ मनाते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से अभियांत्रिकी निर्माण और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती का यह पर्व देश प्रदेश के निर्माण और विकास में योगदान देने वाले उद्यमियों शिल्पियों और कर्मकारों को सम्मानित करने का भी अवसर है